केन्द्र सरकार की नीति के तहत सिरमौर जिले में अदरक उत्पादन को प्रोत्साहन देने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य सरकार पर विज़न डॉक्यूमेंट लागू करने और जनहित में निर्णय लेने में नाकाम रहने का लगाया आरोप और प्रसिद्ध अटल टनल रोहतांग और गुलाबा पर्यटक वाहनों के लिए बहाल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

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने पंचायत प्रतिनिधियों से पारदर्शिता और ईमानदारी से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने को कहा है मण्डी ज़िले के बालीचौकी में आज पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सभी को विकास की राह पर वैचारिक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर एक दूसरे के सहयोगी बनकर कार्य करना चाहिए उन्होंने कहा कि विकास के लिए विभिन्न माध्यमों से बजट सीधे पंचायतों में आता है ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है मुख्यमंत्री ने बताया कि विधानसभा सत्र के बाद स्वर्ण जयंती ग्राम सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे रेशम कीट इस बीच एक कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रेशम कीट पालन क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि सरकार लुप्त हुई ओक टसर रेशम योजना को आरम्म करने के लिए प्रयासरत है

मारकण्डा तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकण्डा ने कहा है कि अटल टनल रोहतांग के खुलने से घाटी में पर्यटन गतिविधियां बढ़ी हैं और लोगों को इसका भरपूर लाभ मिला है केलंग में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सुरंग के बनने से घाटी के लोगों की हैलीकॉप्टर सेवा पर निर्भरता भी नहीं रही है मारकण्डा ने बताया कि घाटी की ग्रांफू काजा सुमदो सड़क की डीपी आर को केन्द्र से मंजूरी मिल गई है और इस सड़क को अब डबल लेन किया जाएगा उन्होंने कहा कि मुद भावा सड़क को भी देहरादून से वन स्वीकृति मिल गई है

इस बीच मारकण्डा ने केलंग में राजकीय ज़िला पुस्तकालय का भी शुभारम्भ किया बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने जसवां परागप्र विधानसभा क्षेत्र में अलोह चमियाला से रियाणा सड़क की आज आधारशिला रखी

उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्य की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए इसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए

अदरक सिरमौर ज़िले में अदरक उत्पादन को प्रोत्साहन देने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू कर दी गई है ये योजना केन्द्र सरकार की विशिष्ट खाद्यान्न उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान करने की नीति के तहत आरम्म की गई है कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि प्रदेश में सबसे अधिक अदरक उत्पादन सिरमौर जिले में होता है और इस योजना से अदरक की हिमगिरी और अन्य देसी प्रजातियों को विशेष रूप से बढ़ावा मिलेगा

अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने हमीरपुर ज़िले के समीरपुर स्थित अपने आवास में आज जनसमस्याएं सुनीं उन्होंने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों बीडीसी सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके द्वारा उठाई गई मांगों व समस्याओं को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया अनुराग ठाकुर ने कहा कि नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में विकास करवाने को लेकर उत्साहित हैं और निर्धारित लक्ष्यों को मिलकर हासिल किया जाएगा

उन्होंने अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं पूरा कर विकास कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार विज़न डॉक्यूमेंट को लागू करने और जनहित में निर्णय लेने में नाकाम रही है एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कर्ज लेकर आर्थिक स्थिति को खराब करने का प्रयास हो रहा है

उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों में रोज़गार देने में भी हिमाचलियों के साथ भेदभाव हो रहा है भाजपा बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा राज्य प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता मौजूद रहे इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने हिमाचल ई विस्तार योजना और पन्ना प्रमुख योजना की एक प्रस्तुति पेश की उन्होंने प्रदेश में चल रहे अपना ब्रथ सबसे मज़ब्रत कार्यक्रम को लेकर भी बैठक में विस्तार से जानकारी दी कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी महेन्द्र जोशी ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए समय समय पर महिला सम्मेलन आयोजित करने पर बल दिया है प्रदेश महिला कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधन में उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस को अपनी पार्टी के इतिहास और देश के विकास में उसके योगदान की प्ररी जानकारी होनी चाहिए शिविर में प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल और कांग्रेस प्रशिक्षण विभाग के समन्वयक हरिकृष्ण हिमराल भी मौजूद रहे

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज मण्डी के क्षेत्रीय अस्पताल में घायलों का क्शलक्षेम पूछा और अस्पताल प्रशासन को उन्हें हर संभव उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने इस हादसे में मारे गए लोगों के शोक संतप्त परिजनों से गहरी संवेदना भी जताई उन्होंने मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रूपए देने की घोषणा की है शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर और सांसद राम स्वरूप शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे अटल टनल प्रसिद्ध अटल टनल रोहतांग और गुलाबा को पर्यटक वाहनों के लिए आज से खोल दिया गया है मनाली के एसडीएम रमन घरसंघी ने बताया कि मनाली रोहतांग मार्ग पर कृछ स्थानों पर बर्फ जम रही है और सीमा सड़क संगठन को इसे जल्द दुरूस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं उन्होंने लोगों से सावधानी से वाहनों को चलाने का आग्रह किया है राजेन्द्र गर्ग खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश चहंमुखी विकास की राह पर अग्रसर है बिलासपुर जिले के बरोटा और मरहाना में आज अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी कोन्द्र और प्रदेश सरकार ने बेहतर कार्य किया है और देश व प्रदेश आत्मनिर्भर बन रहा है